मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा प्रदेशवासियों के जीवन की रक्षा सर्वोपरी लॉकडाउन के संबंध में उठाएंगे उचित कदम

स्वास्थ्य विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव रोहित सिंह ने कोरोना वायरस के बढ़ते संक्रमण के खतरे को देखते हुए कल एक आदेश जारी कर प्रदेश में सार्वजनिक स्थानों पर थूकने पर रोक लगा दी है इस आदेश का उल्लंघन करने पर सम्बन्धित व्यक्ति के खिलाफ दण्डात्मक कार्रवाई की जाएगी

इनकी जांच रिपोर्ट आने के बाद तस्वीर साफ हो जाएगी कि आगे इन इलाकों और पूरे जयपुर में संक्रमण का प्रसार रोकने के लिए क्या रणनीति अपनाई जाए उधर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कोरोना वॉरियर्स के काम में बाधा उत्पन्न करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए है

मुख्यमंत्री ने कहा है कि इसे प्रचार और प्रतिस्पर्द्वा का माध्यम न बनाया जाए

राशन सामग्री और भोजन वितरण राजनीति से परे होकर सेवाभाव के साथ किया जाए

इसी को ध्यान में रखते हुए राज्य सरकार लॉकडाउन के संबंध में उचित कदम उठाएगी श्री गहलोत ने कल वीडियो कांफ्रेंस के जरिए राज्य के औद्योगिक और विभिन्न व्यापारिक संगठनों तथा बिल्डर्स से चर्चा की इस दौरान उन्होंने कहा कि कोराना महामारी से निपटने और लॉकडाउन में आवश्यक वस्तुओं की सप्लाई चैन को सुचारू बनाए रखने में उद्यमियों तथा कारोबारियों ने सरकार का आगे बढ़कर सहयोग किया है उन्होंने कहा कि सरकार संकट की इस घडी में उद्यमियों के साथ खड़ी है श्री गहलोत ने इन सभी से आवश्यक वस्तुओं की सुचारू आपूर्ति इसमें आ रही बाधाओं को दूर करने तथा लॉकडाउन खोलने को लेकर उनके सुझाव लिए उद्यमियों ने भी सरकार का पूरा सहयोग करने की बात कही

झालावाड़ की अध्यापिका आयुषी का कहना है कि इस समय का सद्रपयोग करें

इस दौरान प्रधानमंत्री मुख्यमंत्रियों से लॉकडाउन की अवधि बढाने के मुददे पर मेशविरा करेंगे कई राज्य सरकारें लॉकडाउन की अवधि बढाए जाने के पक्ष में है इससे पहले कल प्रधानमंत्री के प्रधान सचिव ने अधिकार प्राप्त समूहों के साथ एक उच्चस्तरीय बैठक में स्थिति का जायजा लिया था

लॉकडाउन के दौरान घरेलू हिंसा के मामले बढने के मद्देनजर आज यह कदम उठाया गया आयोग ने लोगों से आग्रह किया कि व्हाट्सअप पर मैसेज भेजकर ऐसे मामलों की रिपोर्ट करे ताकि संकट में फंसी महिलाओं की सहायता की जा सकें यह नम्बर पूर्णबंदी की अवधि तक काम करेगा